राज्य भर में सोलह अक्टूबर से दोबारा शुरू की जाएगी ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत करने की प्रक्रिया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

मास्क पहने दो गज की दूरी हैजरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि झारखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन सेवा की अनुमति पर निर्णय बहुत सोच समझकर ही लिया जायेगा मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि अनलॉक को लेकर आकलन करने के बाद ही सेवाओं में धीरे धीरे छूट दी जा रही है

इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अट्ठासी हजार आठ सौ तिहतर पहुंच गई है वहीं कल एक हजार दो सौ छियालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुटटी दे गई है इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर अठहतर हजार नवासी पहंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या दस हजार सताईस रह गई है इधर राज्य में कल कोरोना से दस लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या बढ़कर सात सौ सन्तावन पहुंच गई है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

श्री मोदी ने वर्तमान वन्यजीव सप्ताह के मौके पर देश के नाम अपने संदेश में कहा कि हमारे पावन संविधान में भी वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण को हर भारतीय के मौलिक दायित्वों के रूप में शामिल करते हुए इस दर्शन को जगह दी गयी है उन्होंने कहा कि भारत में एशियाटिक शेरों की सबसे ज्यादा संख्या है और द्वनिया में बाघों की सबसे ज्यादा विविधता भी हमारे देश में है

श्री मुण्डा कल खूंटी जिले के तोरपा नगर भवन में आयोजित किसान संगोष्टी कार्यक्रम में बोल रहे थे श्री मुण्डा ने कहा कि किसानों के लिए तीन प्रमुख कृषि संबंधी विधेयक पारित किए गए हैं उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है प्रसार भारती और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने नई कृषि टेक्नोलॉजी और कृ षि संबंधी नये अविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रसारण करने और उसे बढावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं समझौते के अनुसार द्रदर्शन का डीडी किसान चैनल खेतों में इस्तेमाल की जा रही विभिन्न अभिनव तकनीकों के बारे में आसान भाषा में तीस तीस मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती की नई तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी देने के साथ साथ इन्हें अपनाने के तरीके के बारे में बताना भी जरूरी है समझौते से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी

सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ केविजय राघवन ने कहा है कि यह किसानों के उत्थान की पहली ऐतिहासिक पहल है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पटि ने दोनों संगठनों के बीच हुए समझौते को गर्व की बात बताया है उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से आसान भाषा में किसानों के साथ जानकारियां साझा की जाएंगी श्री वेम्पटि ने यह भी कहा कि ये कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से भी प्रसारित किए जाएंगे ताकि नौजवान किसान भी इसका लाभ उठा सकें इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉ यूएस अवस्थी ने कहा कि इफ्को ने यूरिया का विकल्प तैयार कर लिया है जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इससे किसानों को खेती में बडी मदद मिलेगी

दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि समझौते से वैज्ञानिकों द्वारा को गई नई खोजों और किसानों द्वारा किए गए प्रयोगों को खेत खलिहान तक पहंचाया जा सकेगा जिससे युवा किसानों को फायदा होगा

इसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कल जारी आदेश में परिवहन सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों से कहा कि राज्य में वाहनों के परिचालन आम लोगों की परेशानियों और राजस्व में होने वाली क्षति को देखते हुए राज्य में लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी

पाकड़ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गयी है

सांसद ने सदर प्रखंड के कोलाजोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट और सदर अस्पताल के सामने स्थित खाली पड़ी जमीन का मुआयना किया मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे सांसद श्री हांसदा ने डीसी को शीघ्र स्थल चयन कर रिपोर्ट सरकार को भेजने का निर्देश दिया ताकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भवन निर्माण की स्वीकृति को लेकर त्वरीत कार्रवाई करायी जा सके

अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना

नवजात बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई है रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बच्ची को उसकी मां से अलग कर सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है

इस दौरान श्री भगत ने कृषि विधेयक से जुड़ी जानकारी साझा की और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों के बंटवारे की खबर को राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है एनडीए का फाइनल शो जदयू एक सौ बाईस और भाजपा एक सौ इक्कीस सीटों पर लड़ेगी शीर्षक से दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है कोई भ्रम नहीं बिहार में नीतीश कुमार ही राजग का चेहरा वहीं प्रभात खबर ने लिखा है झामुमो बिहार में सात सीटों पर अपने बूते लडेगा चुनाव वहीं अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है जदयू एक सौ बाईस बीजेपी एक सौ इक्कीस ऑल इज वेल झारखंड कोल ब्लॉक घोटाले में पूर्व मंत्री दिलीप रे को दोषी करार दिए जाने की खबर को हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दोषी करार